प्रदेशभर में भाईदूज का पर्व आज परम्परागत तरीके से मनाया जा रहा है मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण कल प्रदेशभर में कई स्थानों पर बारिश के साथ गिरे ओले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

इसे पाली जिले में जेतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया जा रहा है

उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय योगदान किया और स्वदेशी का प्रचार किया

कोरोना के विरूद्व चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय बालीबाल खिलाड़ी अशोक आसोपा ने लोगों से अपील की है कि वे महामारी के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें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

दीपोत्सव की श्रृंखला के तहत आज प्रदेशभर में भाईदूज का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है बहने भाई को तिलक लगाकर उनकी लम्बी आयु की कामना कर रही है दौसा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि महिलाओं ने जोरा भोरा की पूजा की और भाईयों के मांगलिक तिलक लगाकर भाईदूज की परम्परा का निर्वहन कर रही है भाईदूज के पर्व के साथ ही दीपोत्सव के पर्व का आज समापन हो जाएगा राजसमंद में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथजी मंदिर नाथद्वारा में कल देर रात अन्नकृट लूट की परंपरा पूरी की गई

गौरतलब है कि श्रीनाथजी मंदिर में दूरदराज के ग्रामीण अंचल से आदिवासी श्रद्धालु और गुजरात महाराष्ट्र मध्यप्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यो से श्रद्वालु पहुंचते है

राज्य के किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी समय पर देने के लिए किसानों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा

बिहार में आज नीतीश कुमार सातवीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे नीतीश कुमार को कल सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को नेता चुना गया था बाद में श्री नीतीश कुमार और भाजपा की बिहार शाखा के अध्यक्ष संजय जायसवाल और अन्य नेताओं ने राज्यपाल फागू चौहान से भेंट की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया

प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं

पश्चिमी विक्षोभ चकवाती परिसंचरण के कारण कल मौसम में अचानक बदलाव आने से राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश हुई और कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे बारिश के दौरान दौसा ॅजिले के सिकन्दरा में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला घायल हो गई